अब तक एक लाख पैंतालीस हजार लोग स्वस्थ हुए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कांफ्रेंस के जरिये प्रदेश में शहरी ब्रनियादी ढ़ांचे से संबंधित सात परियोजनाओं का शिलान्यसस और उद्घाटन करेंगे इनमें से चार परियोजनाएं जलापूर्ति से संबंधित हैं जबकि दो मलजल उपचार और एक नदी क्षेत्र विकास की है इन परियोजनाओं की कुल लागत पांच सौ इकतालीस करोड़ रुपये है इनका कार्यान्वयन शहरी विकास और आवासन विभाग के अंतर्गत बिहार शहरी बुनियादी ढांचा विकास निगम बुडको द्वारा किया जा रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे प्रधानमंत्री पटना नगर निगम क्षेत्र के बेउर और करमलीचक में नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत बनाये गये मलजल उपचार संयंत्रों का उद्घाटन करेंगे श्री मोदी सीवान नगर परिषद और छपरा नगर निगम क्षेत्र में अटल मिशन के तहत निर्मित जलापूर्ति परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे इन परियोजनाओं से स्थानीय निवासियों को चौबीसों घंटे स्वच्छ पेय जल मिलेगा प्रधानमंत्री श्री मोदी अटल मिशन के अंतर्गत मुंगेर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखेंगे इससे मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के निवासियों को पाइपलाइन के जरिये साफ पानी की आपूर्ति होगी जमालपुर नगर परिषद क्षेत्र में जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला भी रखी जायेगी श्री मोदी नमामि गंगे के अंतर्गत निर्मित मुजफ्फरपुर नदी क्षेत्र विकास योजना की आधारशिला रखेंगे इस परियोजना के तहत तीन घाटों का विकास किया जायेगा नदी क्षेत्र में शौचालय सूचना केन्द्र और सुविधा केन्द्र जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी इन सभी घाटो पर रौशनी का प्रबंध और समुचित सुरक्षा व्यवस्था की जायेगी निर्वाचन आयोग का दो सदस्यीय दल आज भागलपुर और बोधगया में विधानसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक करेगा